उन्होंने यह भी बताया कि भारत आर्थिक सुधार के मामले में दुनिया के दस अग्रणी देशों में लगातार तीसरी बार शामिल रहा

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब दौरे के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी भारत ने पाकिस्तान को स्थापित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था न तोड़ने की हिदायत दी सितंबर में भी पाकिस्तान ने अमेरिका की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री के विमान को अपने वायु क्षेत्र से गुजरने देने से इनकार कर दिया था

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक संदेश में बताया कि इस बार सरकार राज्य स्थापना सप्ताह मना रही है राज्य स्थापना समारोह की शुरुआत तीन नवम्बर को टिहरी में रैबार कार्यक्रम से होगी इस कार्यक्रम में प्रवासी उत्तराखंडियों को अपने गांव आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इसके अलावा चार नवम्बर को देहरादून में सैनिक सम्मेलन छह नवम्बर को श्रीनगर में महिला सम्मेलन सात नवम्बर को अल्मोड़ा में युवा सम्मेलन का आयोजन होगा इसमें युवाओं से संबंधित विषयों पर मंथन किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता की सहभागिता से विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है और समस्याओं का समाधान तलाशा जा रहा है

भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों की नई सूची जारी की है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठकों के बाद प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने सूची जारी की

शेष प्रत्याशियों के नाम जल्द घोषित कर दिए जाएंगे इस बीच कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर अलग अलग स्तर पर मंथन कर रही है राज्य के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा पंचायतों में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं बड़ी संख्या में निर्वाचित निर्दलीय प्रतिनिधियों का अपनी पार्टी के पक्ष में करने के लिए क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में प्रयास तेज हो गए हैं

गुंजन ने वीरांगना नाम से एक संगठन बनाया और शहर में भीख मांगने वाली बच्चियों को एकत्रित किया और उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा ली हालांकि इस काम में गंजन को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा और भीख मांग रहे बच्चों के अभिभावकों से लड़ना पड़ा

हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी कल से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे

सेना के बैंड की अग्वाई में स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते हए हजारों की संख्या में श्रद्वाल मां गंगा की डोली के साथ मारकंडे प्ररी के लिए रवाना हए जहां चंडीदेवी मंदिर में डोली आज रात विश्राम करेगी शीतकाल में मां गंगा की पूजा अर्चना मुखी मठ के छठ मुखवा में होती है इस वर्ष यात्रा काल के दौरान देश विदेश के करीब पांच लाख से अधिक भक्तों और श्रद्वालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की राघवेश पांडे आकाशवाणी समाचार देहरादून

खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों ने गौवंश की पूजा कर उन्हें पारंपरिक ढंग से तैयार किये गए पकवान खिलाए गए मंदिरों में भी लोगों ने पूजा अर्चना की और भगवान गोवर्धन को भोग लगाया प्रदेश के कुछ मंदिरों में भगवान को छप्पन भोग भी चढ़ाए गए उधर बागेश्वर जिले में सुहागिनों ने बग्वाल और भाईदूज के लिए धान के च्यूड़े तैयार किए यह च्यूड़े देव मंदिरों में भी अर्पित किए गए सुबह गोवर्धन पूजा के बाद महिलाओं ने पहले से भिगोए धान ओखली में कूटे उधर कपकोट दुग नाकुरी कांडा शामा काफलीगैर आदि तहसीलों में भैयादूज पर्व के लिए च्यूड़े तैयार किए गए भूने हुए धानों से बनने वाले च्यूड़े तैयार किये जाते हैं आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है इस दौरान गोधन की पूजा की जाती है

साथ ही भगवान श्रीकृष्ण को दूध से बने पकवान अर्पित किए गए लोगों ने अपने घरों में गायों और बैलों को स्नान कराया और उन्हें फूलों की माला पहनाई इसके बाद उन्हें गुड़ चावल के अलावा अन्य पारंपरिक पकवान खिलाये गए मंदिरों में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं

राजधानी देहरादून में देर रात तक पटाखों की आवाज से आसमान ग्रंजता रहा लोगों ने घरों को बिजली की लड़ियों से आकर्षक ढंग से सजाया था बाजारों में रोशनी की छटा दिखाई पड़ी लोग एकद्सरे से मिलकर दीपावली की बधाई देने के साथ ही उपहारों का आदान प्रदान करते दिखाई पड़े मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर लोगों ने वहां भी प्रकाश पर्व मनाया जानकारों के अनुसार प्रदेश के मुख्य शहरों देहरादून हरिद्वार नैनीताल हल्द्वानी आदि में आतिशबाजी से पर्यावरण प्रभावित हुआ है ग्रामीण अंचलों में भी लोगों ने प्रकाश पर्व मनाया इस वर्ष दीपावली पर मिट्टी के दीयों की अधिकता दिखाई पड़ी आतिशबाजी के कारण सड़कों पर हुई गंदगी की सफाई करते हुए स्थानीय लोग दिखाई पड़े महिलाओं ने घर के प्रवेश द्वार पर खूबसूरत रंगोली से सजावट की

हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों की तुलना में स्थिति इस बार बेहतर है लोगों को सलाह दी गई है कि वे बहत जरूरी होने पर ही खुले में रहे और सुबह और शाम के समय विशेष सावधानी बरतें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खनन सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है

क्षेत्र के स्यांकोट गांव में दीपावली की रात गुलदार ने एक गौशाले में घुसकर बकरियों को शिकार बनाया जिससे गांव में दहशत फैल गई है ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीम ने गांव जाकर नुकसान का आकलन किया है